इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम पता मोबाइल नंबर परीक्षा की दिनांक और स्थान का उल्लेख करना होगा संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा परीक्षार्थी यदि चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए दो तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा यहां से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी बाढ़ स्थिति कल बारिश का सिलसिला रूकने से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यो में तेजी आई है प्रदेश के देवास हरदा सीहोर होशंगाबाद रायसेन विदिशा बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा खंडवा आदि जिलों में बाढ़ का अधिक असर हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया तो वहीं हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को दौरा किया और लोगों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया

नर्मदा नदी की सहायक नदियों का पानी नर्मदा में जाने के बजाय वापस आने से उनके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं

शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है जिससे अशोकनगर मार्ग बाधित हुआ है बालाघाट में बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराया गया है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के जलस्तर का निरीक्षण कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने किया इस दौरान उन्होंने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे दिशा निर्देश जारी किये हैं

पोषण माह पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा

पुलिस ने बच्ची का खरीदने वाले दंपत्ती को भी गिरफ़्तार किया